प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सरकार द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फॉउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया पुरस्कार स्वीकार करते हुए श्री मोदी ने इसे देशवासियों को समर्पित किया बाईट मैं यह सम्मान उन भारतीयों को समर्पित करता हूँ जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन जिन्होंने स्वच्छता को अपने दैनिक जिंदगी में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी शुरू की प्रधानमंत्री ने कहा कि जनभागीदारी के कारण स्वच्छ भारत मिशन सफल हुआ है बाईट यह अभियान शुरू भले ही हमारी सरकार ने किया था लेकिन इसकी कमान जनता जनार्दन ने खुद अपने हाथों में लेली इसी का नतीजा है कि बीते पांच सालों में देश में रिकॉर्ड ग्यारह करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया गया है इसी का नतीजा है कि दो हजार चौदह से पहले जहां ग्रामीण स्वच्छता का दायरा चालीस प्रतिशत से भी कम था आज वह बढ़ कर करीब करीब सौ प्रतिशत हो गया है श्री मोदी ने कहा महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था वह साकार होने जा रहा है

आज हम गांव ही नहीं पूरे देश को स्वच्छता के मामले में आदर्श बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इससे पूर्व श्री मोदी ने आज सवेरे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के सिलसिले में आयोजित एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्याज की कीमतों में उछाल तात्कालिक है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्याज की अस्थायी कमी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बाढ़ और वर्षा के कारण परिवहन में आई बाधा से पैदा हुई है उन्होंने कहा कि सरकार के पास प्याज का पचास हजार टन का बफर स्टॉक मौजूद है इसमें से पन्द्रह हजार टन प्याज का वितरण किया जा चुका है जरूरत पड़ी तो राज्य सरकारें बकाया पैंतीस हजार टन प्याज के लिए मांग कर सकती हैं मुजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकूर की बारह सम्पत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया है जब्त सम्पत्ति की कीमत पचास करोड़ रूपये से अधिक बतायी जाती है आरोपी के बालिका गृह भवन एक होटल तथा साहू रोड स्थित सेवा संकल्प विकास समिति के भवन और शहरी क्षेत्र के साथ साथ बोचहां सकरा और गायघाट के कई भू खण्डों को जब्त किया गया है एनजीओ के माध्यम से सरकार के पैसे का बंदरबांट कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करनेवाला ब्रजेश ठाकुर बलिकागृह मामले में पंजाब के पटियाला जेल में बन्द है पटना हाई कोर्ट ने नैक से मान्यता प्राप्त संस्थानों में नामांकन लेने वाले छात्रों को ही स्ट्रडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण देने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है मुख्य न्यायाधीश एपी शाही और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में एकल पीठ द्वारा दिये गये आदेश पर रोक लगा दी है एकल पीठ ने अपने आदेश में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से उनकी पार्टी अजय कुमार राय को अपना उम्मीदवार बनायेगी भागलपुर के जगदीशपुर के रिक्शाडीह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये श्री मांझी ने कहा कि यदि महागठबंधन के सभी दल उनके प्रस्ताव को मान लेते हैं तो यह अच्छी बात होगी नहीं तो उनकी पार्टी इस क्षेत्र से अलग से उम्मीदवार देगी पटना के प्रस्तावित मेट्रो निर्माण के लिए आज पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच करार होगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा उपस्थित रहेंगे फरक्का बराज के कई गेट खोले जाने के बाद गंगा नदी के जलस्तर में आज से तेजी से कमी आने की सम्भावना है जल संसाधन विभाग के अनुसार फरक्का बराज से वर्तमान में उन्नीस लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है हालांकि अभी भी नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है पिछले चौबीस घंटों के दौरान गंगा के जलस्तर में औसतन एक सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गयी कल शाम नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से एक सौ उन्नीस सेंटीमीटर और हाथीदह में सतानवे सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया वहीं बक्सर में गंगा नदी के जलस्तर में सात सेंटीमीटर तक की कमी आई है दूसरी तरफ भागलपुर के कहलगांव में नदी का जलस्तर आठ सेंटीमीटर तक बढ़ा है मुंगेर में स्थिति सामान्य बनी हुई है पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में यथावत है इधर उत्तर बिहार में बागमती नदी सीतामढ़ी के बेनीबाद में बूढ़ी गंडक खगड़िया में और कमला बलान मधुबनी के जयनगर तथा झंझारपुर में लाल निशान से ऊपर बह रही है गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में पन्द्रह हजार स्थानों पर एक साथ जल जीवन हरियाली अभियान की शुरूआत होगी मूख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है उन्होंने कहा कि अभियान के तहत हरेक पंचायत में कम से कम एक स्थान पर जल संरक्षण से जुड़ी एक योजना का चयन किया जायेगा राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कल पीएमसीएच में उनतालीस और मरीजों की पुष्टि हुई जिसमें पैंतीस पटना के हैं अब तक पीएमसीएच में तीन सौ निन्यानवे मरीजों में डेंगू की पूष्टि हो चुकी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स की नई विषय योजना लागू की है वोकेशनल कोर्स में भी अब कला वाणिज्य और विज्ञान की तरह पांच सौ अंकों की परीक्षा होगी नई व्यवस्था सत्र दो हजार उन्नीस इक्कीस से प्रभावी होगी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित तैंतालीसवीं अखिल भारतीय रेलवे महिला कबड्डी प्रतियोगिता में पूर्व मध्य रेल हाजीपूर की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है पटना जीपीओ में करोड़ों रूपये की हई हेराफेरी के मामले में बचत कोष नियंत्रण संगठन के सुपरवाईजर जनमेय कुमार को निलंबित कर दिया गया है इस मामले में अब तक छह लोगों को निलंबित किया जा चुका है मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के खोजा बाजार में पूलिस ने छापेमारी कर तीन मिनी गन फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया है पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में निर्मित अर्द्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये हैं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 हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है एईएस से नहीं मरेगा कोई बच्चा दैनिक जागरण की सुर्खी है अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दैनिक भास्कर लिखता है ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह और होटल समेत पचास करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जब्त प्रभात खबर ने पाक अधिकृत कश्मीर और उत्तर भारत में आये भूकम्प से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है भूकम्प से पाकिस्तान में तबाही पीओके में बीस लोगों की मौत राष्ट्रीय सहारा ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है पाक के इस्लामिक आतंकवाद से निपट लेगें मोदी दैनिक आज की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार ने चबूतरे को माना राम जन्मभूमि स्थल